जम्मू कश्मीर में सरकारी तथा निजी संस्थानों का कार्य शुरू हो गया है श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग तथा शहर की सड़कों पर ट्रांसपोर्ट व निजी गाड़ियों का आना जाना भी शुरू हो गया है कारगिल के उपायुक्त ने बताया कि तीन दिनों की हड़ताल के बाद अब स्थिति आम दिनों जैसी है तथा लोगों की राशन व दवाईयों की जरूरत पूरी कर दी गई है किश्तवाड़ इलाके के आयुक्त का कहना है कि कर्फियू के बीच ढील दे दी गई है हमारे संवाददाता ने बताया है कि डोडा जिले के भद्रवाहा शहर और इसके आस पास के क्षेत्रों में चरणबद्ध तरीके से कर्फयू में ढील दी गई जम्मू और कश्मीर में प्रवासी मजदूरों ने जम्मू और उधमपुर रेलवे स्टेशनों पर वापिसी शुरू कर दी है

यात्रियों की भीड़ को देखते हुए रेलवे ने अतिरिक्त रेल डिब्बों का भी प्रबंध किया है जम्मू और कश्मीर के राज्यपाल सत्य पाल मलिक ने ईद उल अजा की पूर्व संध्या पर लोगों को बधाई देते हुए उनकी खुशहाली की कामना की है अपने संदेश में राज्यपाल ने आशा प्रकट की कि ये त्यौहार सांप्रदायिक मेल मिलाप और भाईचारे को मजबूत करेगा जो कि जम्मू और कश्मीर के लोगों की सदियों से पहचान रही है श्रीमती सोनिया गांधी को अंतरिम कांग्रेस अध्यक्ष चुना गया है कांग्रेस कार्यकारिणी कमेटी ने कल रात नई दिल्ली में एक बैठक कर तीन प्रस्ताव पास किए जिनमें श्रीमती गांधी को अंतरिम अध्यक्ष चुने जाना भी शामिल था कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने बताया कि पार्टी ने सोनिया गांधी को तब तक पार्टी अध्यक्ष बनाने का फैसला लिया है जब तक अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के नये अध्यक्ष नहीं चुने जाते हालांकि कई नेताओं जिसमें पार्टी के राज्यों के अध्यक्ष तथा सांसद भी शामिल थे उन्होंने राहल गांधी को अध्यक्ष बने रहने का अनुरोध किया परंतु राहुल गांधी पद छोड़ने के फैसले को लेकर अड़े रहे प्रसार भारती सचिव डॉ ए सूर्य प्रकाश ने कहा कि आकाशवाणी तथा दूरदर्शन भारतीय संस्कृति तथा शास्त्रीय संगीत को संजोए रखने का कार्य कर रहा है नई दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए डॉ प्रकाश ने कहा कि संसद ने प्रसार भारती को भारतीय धरोहरों तथा भारतीय विविधताओं को संभाले रखने की जिम्मेदारी सौंपी है उन्होंने कहा कि प्राईवेट चैनल सिर्फ मनोरंजन के कार्यक्रमों को दिखा रहे हैं जबकि दूरदर्शन तथा आकाशवाणी भारतीय संस्कृति को भी बढावा दे रहा है डॉ प्रकाश ने अपने संबोधन में लोगों से गुजारिश की कि कोई भी संदेश सोशल मीडिया पर भेजने से पहले उसकी पुष्टि कर लें कि वाकयी में ये संदेश सही है या नहीं केन्द्रीय सामाजिक न्याय राज्य मंत्री कष्णपाल गुर्जर ने पलवल की अनाज मंडी में आयोजित अखंड भारत का निर्माण अभिनंदन समारोह में गृह मंत्री अमित शाह की प्रस्तक का विमाचन किया और पार्टी कार्यकर्ताओं को पुस्तक वितरित की गई

मंत्री ने कहा कि अखण्ड भारत बनाने का संकल्प भाजपा पार्टी का हमेशा से रहा है

हरियाणा में आगामी विधानसभा चुनाव जन नायक जनता पार्टी और बहजन समाज पार्टी मिलकर लड़ेंगी विधान सभा चुनावों के लिए दोनो दलों के बीच सीटों का बंटवारा भी हो गया है

गठबंधन की घोषणा आज नई दिल्ली में एक प्रैस वार्ता मे जेजेपी नेता व पूर्व सांसद दुश्यंत चौटाला और बीएसपी के राष्ट्रीय महासचिव एवं राज्यसभा सांसद सतीश मिश्रा ने की गठबंधन के बारे में विस्तार से बताते हुए बसपा के राष्ट्रीय प्रधान ने कहा कि गठबंधन को लेकर दोना दलों के बीच कई दौर की बातचीत हुई कौन सा दल किस सीट पर चुनाव लड़ेगा इसकी घोषणा जल्द ही की जायेगी

दीपेन्द्र हुड्डा के इस रैली में विपक्षी दलों को भी निमंत्रण के सवाल पर पूर्व सांसद ने कहा कि इसमें उनकी कमजोरी नजर आती है हरियाणा पशुधन विकास बोर्ड के उपाध्यक्ष मेहरचंद गहलोत ने पलवल में प्रैस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश के सभी गांवों में किसान गौरव सभाओं का आयोजन किया जायेगा किसान गौरव सभाओं में प्रदेश सरकार द्वारा किसानों के हित में चलाई जा रही जनकल्याणकारी योजनाओंके बारे में विस्तारपूर्वक जानकारी प्रदान की जायेगी श्री गहलोत ने कहा कि भाजपा सरकार ने राज्य के किसानों की आय को दो गुणा करने के लिए हरियाणा किसान कल्याण प्राधिकरण की स्थापना की है

सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति उदय उमेश ललित ने कहा कि जब वे विद्यार्थी थे तो उस समय विधिक साक्षरता जैसी कोई सुविधा नहीं मिलती थी युवाओं को ऐसे मिशन से मौलिक अधिकारों व कानून की जानकारी मिलने से समाज में जागरूकता आती है

उन्होंने कहा कि कानून की अज्ञानता कोई बहाना नहीं

भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष एवं टोहाना के विधायक सुभाष बराला ने फतेहाबाद के गांव मताना में गुरूदक्ष प्रजापति भवन एवं कुम्हार धर्मशाला की आधारशिला रखी